प्रदेश भर में हो रहे हैं नर्मदा पूजन के अनेक कार्यक्रम

उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र सुगम जीवन और कारोबार में सहायक है वे बिजली और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए केन्द्रीय बजट में किए गए प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में विचार विमर्श से संबंधित एक वेबीनार को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वेबीनार सरकार और निजी क्षेत्र के बीच विश्वास को दर्शाता है उन्होंने कहा कि यह बिजली और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजट घोषणाओं के जल्द कार्यान्वयन के तरीकों का पता लगाने का एक प्रयास है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर गांव और परिवार पर ध्यान केन्द्रित कर रही है उन्होंने कहा कि क्षमता वृद्धि के संदर्भ में भारत ने बिजली की कमी की समस्या को दूर कर अतिरिक्त उत्पादन वाला देश बनने में सफलता हासिल की है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का हर संभव प्रयास है कि प्रदेश के लोग स्वयं के काम घंधे संचालित करें और सम्मान से जीवन जिएं

इससे प्रेरणा लेकर कोरोना काल में प्रभावित हुए छोटे कारोबारियों की मदद के लिए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं के लिए भी योजना आरंभ की गई है छोटे स्तर पर संचालित काम घंघों के लिए पूँजी के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जा रही है प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कहा कि अब परीक्षा देने वाले छात्रों ने अपनी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है इसलिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी वापस लौट आया है इस बार यह कार्यक्रम विश्व के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा और यह पूरी तरह ऑनलाइन और रोचक और मनोरंजन से भरपूर चर्चा वाला आयोजन रहेगा परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा

कोविड महामारी से निपटने के लिए सार्थक विचारों के आदान प्रदान और उसे आगे बढ़ाने के बारे में आयोजित एक कार्यक्रम के समापन समारोह में डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन मैत्री पहल के माध्यम से पड़ोसी देशों को टीके उपलब्ध कराने में भारत की भूमिका की सराहना की उन्होंने कहा कि जब दुनिया में इस बीमारी के इलाज और टीकों की कमी के बारे में आत्मविश्वास की कमी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वचन दिया कि भारत की टीका उत्पादन क्षमता का उपयोग कोरोना संक्रमण से लड़ने में मानवता की मदद के लिए किया जाएगा उन्होंने कहा कि तमाम बाधाओं के बावजूद भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अपने यहां कोरोना के प्रसार को रोकने में कामयाब रहा है तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार नए कृषि कानूनों पर किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है कल गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि यदि किसान मांग करेंगे तो सरकार कानून की हर धारा पर चर्चा करेगी उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र पर बहृत जोर दिया गया है असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी श्री तोमर ने कहा कि लोगों का पार्टी पर अधिक भरोसा होने के कारण पार्टी राज्य में और अधिक सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगी श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट साझा करने के मुद्दे पर श्री तोमर ने कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा नर्मदा जयंती आज नर्मदा जयंती हैं धार्मिक मान्यतानुसार माघ शुक्ल सप्तमी जिसे अचला सप्तमी भी कहा जाता है के दिन भगवान शिव के स्वेद से नर्मदा नदी प्रकट हुई थीं इस अवसर पर नर्मदा नदी के उदगम स्थल अमरकंटक में भव्य कार्यकम आयोजित किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बड़ी संख्या में श्रद्धाल शामिल हुए इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने माँ नर्मदा पर केन्द्रित पुस्तक का विमोचन भी किया इस पुस्तक में अमरकंटक के पर्यटन स्थलों की जानकारी भी है दूसरी ओर आज होशंगाबाद में नर्मदा जयंती महोत्सव आयोजित किया जा रहा है यहाँ नर्मदा नदी के घाटों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं यहां बड़ी संख्या में श्रद्दालुओं के आने की सम्मावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए हैं

आज विशेष महोत्सव के दिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी यहाँ करीब दो लाख से अधिक श्रद्धालु नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाएंगे अमरकंटक में भी दो दिवसीय नर्मदा जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है प्रदेश के नरसिंहपूर जिले के बरमान सहित अन्य नर्मदा घाटों पर भी नर्मदा जयंती की तैयारियां जोरों पर हैं ग्लोबल भारत वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एण्ड प्रअर्स ने कहा है कि भारत अगले वित्तीय वर्ष में दस प्रतिशत वृद्धि दर के साथ तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा

स्टैंडर्ड एण्ड प्रअर्स ने कहा कि विनिर्माण सेवा क्षेत्र रोजगार और राजस्व में अच्छे प्रदर्शन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था हाल के महीनों में स्थिर हो गई है मौसम प्रदेश के मौसम में पिछले हफ्ते आए उतार चढाव के बाद अब सर्दी धीरे धीरे कम होने लगी है पिछले हफ़ते विदर्भ क्षेत्र में बने चकवाती प्रभाव से राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश और ओले गिरने से फसलों को नुकसान तो पहुंचा ही था वहीं तेज सर्दी भी पड़ने लगी थी अब लगातार धूप खिलने और चकवात का प्रभाव खत्म होने के बाद दिन के तापमान में बढोतरी हो रही है साथ ही ठंडी हवाएं नहीं चलने से रात्रि में भी न्यूनतम तापमान बढ़ने लगा है नमी में कमी होने और ठंडी हवाए नहीं चलने के साथ साथ लगातार धूप खिलने से अब प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज सर्दी का प्रभाव खत्म होने लगा है और ग्रीष्म ऋतु अपनी आमद दर्ज करा रही है